प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हई सर्जिकल स्ट्राइक ने भारत की ताकत तथा देश की विदेश नीति का मजबूत असर दिखाया है उन्होंने कहा कि भारत अब बदल च्का है तथा कोई भी इसको धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता नई दिलली में मीडिया समारोह मे बोलते हये श्रीमोदी ने कहा कि भारत अब निर्भय बहाद्र हो गया है तथा फैसला लेने की हिम्मत रखता है क्योकि सवा सौ करोड़ भारतीय सरकार के साथ है श्री मोदी ने कहा कि देश के लोगों ने देश विरोधी ताकतों के मन में डर पैदा किया है तथा एक भी भारतीय के खून की बूंद व्यर्थ नहीं जाने दी जायेगी प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से देश की स्रक्षा के हित का विरोध न करने की अपील की

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक नई राह पर चल रही है और भारत ने नये विचारों की रचना तथा स्टार्टअप से न्या मुकाम हासिल किया है

श्री मोदी ने कहा कि औरतों तथा बच्चों के खिलाफ अपराध आज के समय में एक बड़ी चुनौती है तथा बेहतर समाज की सृजना के लिये इस क्रीती से निपटना बेहद जरूरी है

पड़ोसी देश भारत तथा पाकिस्तान के बीच रूकी हई सेवाओं को फिर से बहाल करने पर आपसी सहमति के चलते आज समझौता एक्सप्रेस रात को दिल्ली से पाकिस्तान की तरफ रवाना होगी केन्द्र सरकार के अन्सार ये गाड़ी आज भारत की तरफ से रवाना होगी तथा लाहौर से वापिसी कल करेगी ये समझौता एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से अटारी भारत की तरफ से चलती है तथा लाहौर से वाघा तक पाकिस्तान की तरफ से चलती है आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वोह आने वाले हरियाणा के लोकसभा च्नावों और विधानसभा चूनावों में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी नवीन जयहिदं ने बताया कि अब आम आदमी पार्टी अकेले ही च्नाव लड़ेगी श्री नवीन ने कहा कि जन नायक जनता पार्टी से चलरही उनकी बातचीत समाप्त हो गई क्योकि जेजेपी ने दिल्ली में एक लोकसभा सीट के बदले दो सीटों की मांग की थी सिरसा के डेरा के निकट प्रीत नगर में घरों के बाहर से ग्जर रही हाईटेशन बिजली की तार से करंट लगने से प्रीत नगर के रहनेवाले दो बच्चों की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गये

इसी दौरान म्ख्मयंत्रीने कहा कि आज का दिन हरियाणा के समग्र विकास में एक ऐतिहासिक दिन माना जायेगा इतनी बड़ी परियोजनाओं का एक साथ उदघाटन् व शिलान्यास भारत में ही नहीं विश्व में भी कही नहीं हआ होगा

म्ख्यमंत्री ने जिले वार परियोजनाओं का उदघाटन करते समय जिला स्तर पर उपस्थित मंत्रियों सांसदों विधायकों तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके क्षेत्र में मिली विकास परियोजनाओं पर बधाई व श्भकामनायें दी

जिला ग्रूग्राम में भी करबी साढ़े तीन सौ करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने वाली और बन च्की परियेाजनाओं का उदघाटन् किया गया इस मौके पर ग्रूगारम से कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह और स्थानीय विधायक मौजूद रहे

रोहतक जिले की परियोजनाओं के शिलान्यास व उदघाटन मौके पर सहकारिता राज्य मंत्री मनीष क्मार ग्रोवर मौजूद रहे

म्ख्यमंत्री ने कहा कि छोटे छोटे कार्यो को जल्द सपन्न करवाने के लिये स्थानीय निकाय व पंचायती राज संस्थाओं को ओर अधिक शक्तियां देकर सशक्त बनाया जा रहा है

लघ् सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा ब्यूरो आफ पब्लिक इंटरप्राईज़ेज के अध्यक्ष और विद्यायक डा कमल ग्प्ता भी मौजूद थे

वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबो मजद्रों किसानों व अन्य सभी वर्गो के कल्याण के लिये सरकार दवारा कल्याणकारी योजनायों चलाई जा रही है

इस अवसर पर विधानसभा स्पीकर कंवर पाल गूर्जर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा विधायक बलवंत सिंह विधायक श्याम सिंह राणा तथा नगर निगम मेयर मदन चौहान व प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे म्ख्यमंत्री ने नूहं जिले में रिमोर्ट के जरिये जीवन रेखा से जुड़ी कई दशक प्रानी मांग मेवात केनाल फीडर व शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कालेज मे डेंटल कालेज की आधारशिला रखी